्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के साढ़े नौ करोड किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ की आठवीं किस्त जारी की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

मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

प्रदेश में सकिय मामलों की बढ़ती संख्या पर चिन्ता जाहिर करते हुये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विट कर केन्द्र सरकार से ऑक्सीजन आवंटन बढ़ाने की मांग की है

अब तक दो करोड उन्यासी हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या दो करोड चालीस लाख से अधिक हो गई है

जहां आने वाले मरीजों को भर्ती से पहले चिकित्सक जांच लेंगे और उन्हें उचित परामर्श देगें

अस्पताल प्रभारी को रोजाना वार्ड का निरीक्षण करना होगा इसके अलावा अस्पतालों के प्रत्येक वार्डों में मरीजों की देखभाल कर रहे डॉक्टरों का नाम और फोन नम्बर भी अंकित होगा

उधर हैदराबाद में आज पहली स्प्रतनीक वैक्सीन लागई गई

देश में जारी टीकाकरण प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा रही है

बाड़मेर और जैसलमेर जिला प्रशासन ने पंचायत समिति स्तर पर सेक्टर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है

उन्हेांने डॉक्टरों को ऑक्सीजन कांस्ट्रेटर पीपीई किट और अन्य मेडिकल सामग्री वितरित की उधर सिरोही जिला कलक्टर ने आज पिण्डवाड़ा क्षेत्र का दौरा कर कोविड संकमण की स्थिति का जायजा लिया सवाईमाधोपुर कलेक्टर ने चौथ का बरवाड़ा पांवाडेरा और शिवाड़ सामुदायिक केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया भरतपुर में नगर निगम की ओर जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को मास्क वितरित किये गये

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुश्किल घड़ी में हिम्मत हारने वाला देश नहीं है

आर्थिक लाभ की आठवीं किस्त जारी करने के बाद एक वर्चअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा घड़ी में देश के प्रति दु ढ़ सेवा भाव दिखाया है

प्रदेश में आज ईद उल फितर का पर्व मनाया जा रहा है कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईदगाह और मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हुई लोगों ने लॉकडाउन और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए घरों में रहकर ईद की नमाज अदा की लोगों ने फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को ईद की बधाई दी ब्रंदी सवाईमाधोपुर भरतपुर झालावाड़ जालौर सीकर टोंक और बीकानेर सहित विभिन्न जिलों से हमारे संवादाताओं ने ईद का त्योहार सादगी के साथ मनाये जाने के समाचार दिये है अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि ईद के मौके पर लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ की

लोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे है आखातीज को अबूझ सावा माना जाता है इस बार लॉकडॉउन के कारण सभी तरह के वैवाहिक आयोजनों और प्रीतिभोज पर रोक है सीकर बूंदी सवाईमाधोपुर भरतपुर झालावाड और बांसवाड़ा जिलों से परम्परागत श्रद्वाभाव से परशुराम जयन्ती मनाने के समाचार मिले हैं उदयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है कोविड महामारी को देखते हुये कोई व्यापक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर ऑनलाइन कार्यक्रम किये जा रहे है

सवाईमाधोपुर अलवर और करोली में तेज बारिश हुई करौली जिले के नादौती क्षेत्र में कई स्थानों पर ओले भी गिर्रे

इस संबंध में अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुये बोर्ड ने कहा कि कोई भी निर्णय अधिकारिक तौर पर जनता को सूचित किया जायेगा